प्रधानमंत्री अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए पूरा देश एकज्ट है उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए एकबार फिर देशवासियों से सामुहिक प्रयास का आहवान किया है

बिजली मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण इन अटकलों के बाद आया है कि बत्तियां बंद करने के दौरान ग्रिड में अस्थिरता आ सकती है और बिजली उपकरणों को न्कसान पहुंच सकता है मंत्रालय ने कहा है कि देश के बिजली ग्रिड बह्त मजबूत और स्थिर हैं मंत्रालय के अन्सार प्रधानमंत्री ने शाम नौ बजे से लेकर नौ बजकर नौ मिनट तक घरों में केवल बतियां बंद करने की अपील की है सड़कों गलियों की बतियां या कंप्यूटर टेलीविजन पंखे फ्रिज और एसी जैसे घरेलू बिजली उपकरण बंद करने के लिए नहीं कहा गया है मंत्रालय ने सभी स्थानीय निकायों से जन स्रक्षा को ध्यान में रखते हए सड़कों की बत्तियां जलाए रखने को कहा है दीप जलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर नरसिंहप्र के एक ब्ज्र्ग ने ख्द एक हजार दियों का निर्माण कर प्रे गांव को रोशन करने संकल्प लिया है गोटेगांव तहसील के श्यान नगर में रहने वाले वंदावन प्रजापति पेशे से क्म्हार हैं

जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं होंगी उनके लिए अंक देने की व्यवस्था अलग से निर्धारित की जाएगी

अपशिष्टों को इकट्ठा करने के लिये इन शहरों में दो दो डेडिकेटड वाहन काम कर रहे हैं इलाज शिवराज प्रदेश के म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए है कि कोरोना के इलाज की सभी जिलों में अच्छी व्यवस्थाएँ स्निश्चित की जाएं श्री चौहान आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से संक्रमण रोकने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए तथा इसका कड़ाई से पालन हो थोड़े भी लक्षण पाए जाने पर कोरोना की टैस्टिंग की जाए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आय्र्वेदिक होम्योपैथीक एवं य्नानी दवाओं का भी निशुल्क वितरण किया जाए

वहींस्वास्थ्य विभाग के निदेशक जे विजय क्मार के संपर्क में आये दर्जन भर आला अधिकारी क्वारंटीन में चले गए हैं इंदौर में जिला प्रशासन सभी जरूरी सेवाएं बहाल करने का प्रयास कर रहा है लॉकडाउन के कारण आम लोगों को कम से कम अस्विधा हो इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं प्रशासन ने अब घर घर में किराना सामान आलू और प्याज की घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने की कवायद श्रू की है

इसके अलावा तेरहवी में आये रिश्तेदारों और परिजनों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है

सागर संभाग के आईजी अनिल शर्मा ने आज छतरप्र में आइसोलेशन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया आईजी ने सोशल मीडिया पर अफवाह और लॉक डाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं

उधरसागर में प्लिस ने एक नया प्रयोग किया है जिसमें किसी प्लिस कर्मी का जन्मदिन और शादी की सालगिरह कार्यस्थल पर ही मनाई जा रही है प्लिस अधीक्षक अमित सांघी ने ट्रैफिक प्लिस कर्मी सहित अन्य कर्मियों का जन्मदिन यातायात चौकी में जाकर ही मनाया

म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी धर्मो के प्रम्खों से आग्रह किया था कि वे अपने अन्यायियों के साथ साथ पूरे समाज को लाक डाउन का पालन करने का सन्देश दें

स्रस्ती किट बैतूल में कोरोना के विरूदध यूदध में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्यकर्मियों दवारा स्वयं को स्रक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट की अब जिले में कमी नहीं रहेगी स्थानीय जिला जेल के कैदियों द्वारा जिले में ही अब ये किट्स तैयार करना प्रारंभ की गई है जिसके लिए कैदियों को सिलाई मशीन उपलब्ध कराई गई है

किट निर्माण में उपयोग आने वाली सामग्री स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है